मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखप्र मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के दिए निर्देश प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले पिछले चौबीस घंटे में बारह हजार सात सौ सत्तासी नये मामले सामने आये सक्रिय मामलों की संख्या अट्ठावन हजार से ऊपर इटावा जिले में कल हई एक सडक दुर्घटना में दस लोगों की मौत सात अन्य घायल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्य के छह हजार केन्द्रों में इस विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान पैंतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आज से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की है

सभी प्रदेश वासियों से मेरी अपील है टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ण के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण करवाएं टीकाकरण के बाद भी साक्षानी जरूरी है इसलिए समी से अपील है कि वे सोशल डिस्टॅसिंग का पालन करते हुए पूरी साक्षानी के साथ दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें टीका उत्सव के दौरान तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा इसमें राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा विभिन्न दलों के नेताओं महापौर एवं धर्मग्रूओं के साथ सीघे संवाद होगा मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रयास किये जा रहे है जिनमें ट्रैकिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया कि देश में निर्मित वैक्सीन की भूमिका कोरोना की लड़ाई में निर्णायक साबित हो रही है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है उन्होंने राजनीतिक दलों के नेतायों धर्मगुरुवों सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने और लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है

उन्होंने कहा कि तक्षित आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए उन्होंने ने कहा कि टीके की बर्बादी हर हालत में रोक्री जानी वाहिए

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से लेवल ट् और लेवल थ्री अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध कराए जाए और कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी तुरंत जांच की जाए उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच एटीजन और आरटीपीसीआर विधि से निशुल्क की जाती है और लोग इसका लाभ उठाएं उन्होंने कहा कि कोविड की जांच के लिए अगर कोई निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक धनराशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच रेलवे स्टेशन और हवाई अड़डे पर ही करने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ और बंद स्थान पर होने वाले आयोजनों में केवल एक सौ लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए उन्होंने कहा कि शादी विवाह के कार्यक्रमों को रात दस बजे तक ही सीमित किया जाए

पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोविड के बारह हजार सात सौ सतासी नए मामले सामने आए है इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद बढ़कर अट्ठावन हजार आठ सौ एक हो गयी है पिछले वर्ष महामारी की शुरूआत के बाद से संक्रमित होने वाले लोगों में से अब तक छः लाख आठ हजार आठ सौ तिरपन व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार पचासी लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि कल एक दिन में दो लाख बारह हजार दो सौ तेरह कोविड नमूनों की जांच की गयी जो अब तक एक दिन में की गयी जांच की सर्वाधिक संख्या है उन्होंने बताया कि इनमें से लगभग तिरानबे हजार नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग नियंत्रण अभियान को जन आन्दोलन की तरह चलाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता जन जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता से ही संभव है श्रीमती पटेल कल राजभवन के गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश क्षय रोग निवारक संस्था की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने संस्था से प्रत्येक जिले में जागरूकता कार्यक्रम चला कर अधिक से अधिक क्षय रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की अपील की

बैठक में उन्हॉने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये कांटैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देते हुए अधिक से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये

गोरखपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से अट्ठारह अप्रैल तक नाइट कफ्यू लगाने की घोषणा की है इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छ बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि आवश्यक सेवाओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई पास की आवश्यकता नहीं होगी हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी

विभिन्न स्थानों पर लोग उनके चित्रो मूर्तियों पर माल्यापर्ण करके के उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित कर रहे हैं लखनऊ के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पार्क में सबेरे से ही लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यापर्ण कर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित कर रहे हैं

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है भाजपा से सांसद रहे श्यामाचरण गुप्ता को कोरोना संक्रमण के बाद नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इटावा जिले में कल हुई एक सडक दुर्घटना में दस श्रद्वालुओं की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गए यह दुर्घटना उस समय हुई जब इन श्रद्वालुओं को ले जा रहा एक ट्रक गहरे खड़ु में जा गिरा सभी श्रद्वालु आगरा के रहने वाले हैं और वे लखना मंदिर जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है दुर्घटना में घायल लोगों को इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे इस दुर्घटना के दुखद समाचार से आहत हैं एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की